राज्यपाल मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने जताया गहरा शोक विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

कांग्रेस ने वाल्मिकीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रवेश कुमार मिश्र को बनाया प्रत्याशी और दूसरे चरण के चूनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन

पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

कोरोना संक्रमित होने के बाद पिछले एक सप्ताह से वे पटना एम्स में भर्ती थे उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने कपिलदेव कामत के निधन पर गहरी संवेदना जतायी है अट्ठाईस अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा जदयू और वाम दलों के वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं राजद भी आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करने जा रहा है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जमुई लखीसराय शेखपुरा और पटना जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने अपने पन्द्रह वर्षो के शासनकाल में किये गये कार्यो के आधार पर लोगों से एकबार फिर एनडीए को सत्ता में लाने की अपील की जदयू अध्यक्ष आज गया जिले के इमामगंज और बेलागंज औरंगाबाद के ओबरा और अरवल के क्र्था में चूनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने काराकाट और गोह में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए लोगों से विकास और कानून के राज के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की श्री नड्डा का आज बांका और हिसुआ में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार विकास बनाम विनाश की लड़ाई है सभा को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने भी संबोधित किया वहीं भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस ने सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राज्य विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बक्सर अरवल महुआ और मोहनिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने पटना के फुलवारीशरीफ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव उम्मीद बदलाव अमन और इंसाफ के लिए है उन्होंने लोगों से बेहतर भविष्य के लिए महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की इधर राजद आज से अपने चुनावी अभियान की शुरूआत कर रहा है पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे ये सभा कहलगांव जगदीशपुर शाहपुर और बड़हरा में आयोजित हो रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेईस अक्टूबर को गया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे भाजपा के जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सभा का आयोजन गया के गांधी मैदान में होगा जिसमें जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए उम्मीदवार मौजूद रहेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तेईस अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि श्री गांधी लगातार दो दिन राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए पिछले पन्द्रह साल में कोई प्रयास नहीं किया गया एक ट्वीट ने उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग धंधे चौपट हो गये और लोगों का पलायन लगातार जारी है इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी की चिंता करने वालों को पहले अपनी संपत्तियों का खूलासा करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि एक कंपनी को कर्ज देने के लिए उनके पास चार करोड़ रूपये कहां से आयें लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वे भाजपा के साथ थे हैं और रहेंगे श्री पासवान ने कहा कि उनका एक मात्र उद्देश्य नीतीश कुमार को पराजित करना है उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अकेले चुनाव लड़ने से नहीं रोका जिस कारण उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी देने का फैसला किया लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं दे रही है महागठबंधन ने राज्य के सभी दो सौ तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है इसमें राजद और कांग्रेस के साथ ही तीनों वाम दल के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं पटना में घटक दलों के संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में अंतिम सूची जारी की गयी कांग्रेस ने नौतन सीट से शेख कमरान चनपटिया से अभिषेक रंजन बेतिया से मदन मोहन तिवारी गोविंदगंज से ब्रजेश पांडे फुलपरास से कुपानाथ पाठक कुशेश्वरस्थान से अशोक कुमार बेगूसराय से अमिता भूषण बांकीपुर से लव सिन्हा और पटना साहिब से प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है वहीं वाल्मीकिनगर सीट से राजेश सिंह रीगा से अमित कुमार टुन्ना बथनाहा से संजय राम बेनीपट्टी से भावना झा सुपौल से मिन्नाउतुल्लाह रहमानी और फारबिसगंज से जाकिर हुसैन को टिकट दिया गया है इसके अलावा वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रवेश क्मार मिश्रा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है वहीं राजद ने भी अपने शेष बचे प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने निर्मली से यदुवंश कुमार यादव मधेपुरा से चन्द्रशेखर परिहार से रीतू जायसवाल पिपरा से विश्वमोहन मंडल और हायाघाट से भोला यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है सीपीआई ने हरलाखी से राम नरेश पांडेय और रूपौली से विकास चन्द्र मंडल को टिकट दिया है बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है इस चरण के तहत सत्रह जिलों के चौरानवे निर्वाचन क्षेत्रों में तीन नवंबर को मतदान होगा

लोजपा उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने खगड़िया विघानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डाक्टर रंजू गीता ने बाजपट्टी विघानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्णा राज ने समस्तीपुर जिले की रोसडा सीट से नामांकन दाखिल किया वहीं सीपीआई के अवधेश राय ने बेगूसराय जिले की बछवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र अपना पर्चा भरा है धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार पटना दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल होगी जबकि प्रत्याशी उन्नीस अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में अपने तीन नेताओं को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है उनमें मनेर के पूर्व विधायक श्रीकांत निराला बड़हड़ा की पूर्व विधायक आशा देवी और जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश शामिल हैं प्रदेश भाजपा मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा ने बताया कि तीनों नेता एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं जिस कारण इन पर कार्रवाई की गयी है भाजपा अब तक बारह नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए तीस स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवहा के साथ साथ स्नेह लता शिवशंकर ठाकुर राजेश यादव फजल इमाम मल्लिक और रेखा गुप्ता शामिल हैं राजद के पूर्व विधायक नईम अख्तर जदयू में शामिल हो गये हैं उन्होंने कल अपने समर्थकों के साथ जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में इक्कीस सीटों पर प्रत्याशी देने की घोषणा की है पार्टी के कार्यालय सचिव गौतम प्रसाद खरवार ने बताया कि इन सीटों में सुपौल त्रिवेणीगंज सोनबरसा रूपौली बरारी और सिंहेश्वर स्थान शामिल हैं और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की जिंगल प्रधानमंत्री की अपील पर लोग तीन आसान उपायों को अपना कर कोरोना से बचाव कर रहे हैं गायत्री परिवार पटना के समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है

स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव शून्य एक प्रतिशत है वहीं इस वैश्विक महामारी से नौ सौ बहत्तर लोगों की मौत हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या ग्यारह हजार पचास है कल राज्य के विभिन्न जिलों से एक हजार दो सौ छिहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख आठ सौ पच्चीस हो गयी है पटना स्थित विधायकों और सांसदों के लिए गठित विशेष अदालत में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के खिलाफ ए के सैंतालीस राइफल बरामदगी समेत दो मामलों में आरोप का गठन कर दिया गया है मामले की अगली सुनवाई इक्कीस अक्टूबर को होगी प्रवर्तन निदेशालय ने आरा के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है शराब माफिया पर अवैध तरीके से चल अचल संपत्ति बनाने का आरोप है त्यौहारों के दौरान यात्रियों की उमड़ने वाले भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे राज्य से तीन विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पटना से बास्कोडिगामा के बीच स्पेशल ट्रेन चौबीस अक्टूबर से अठाईस नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को चलायी जायेगी वहीं भागलपुर जम्मू तवी के बीच उनतीस अक्टूबर से छब्बीस नवम्बर के बीच प्रत्येक गुरूवार को स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा गोरखपुर शालीमार पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन छब्बीस अक्टूबर से तीस नवम्बर तक सप्ताह में एक दिन होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा ग्यारह से तेरह नवम्बर और इंटर की ग्यारह से उन्नीस नवम्बर के बीच होगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है कांग्रेस राजद और वाम दलों ने जारी की सभी दो सौ तैंतालीस सीटों की सूची दैनिक जागरण ने चुनाव प्रचार से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है महागठबंधन पर राजग हमलावर अखबार ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान को प्रकाशित करते हुए लिखा है राजग ने पन्द्रह वर्षो में बर्बाद कर दी दो पीढ़ियां दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोरोना को हराने में बिहारी दूनिया में नम्बर एक प्रभात खबर ने लिखा है आज से पटना में ख्लेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने चुनाव से जुड़ी खबरों पहले पन्ने पर स्थान दिया है

राज्यपाल मूख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने जताया गहरा शोक विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

कांग्रेस ने वाल्मिकीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रवेश कुमार मिश्र को बनाया प्रत्याशी और दूसरे चरण के चूनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन